गठबंधन को बताया जनता विरोधी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा आयुर्वेद के लिये प्रदेश में है अपार संभावनाएं आम जन तक पहुंचाया जाना चाहिए आय्र्वेद का वास्तविक मर्म रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा मिलिट्री पुलिस में महिलाओं को मिलेगा बीस प्रतिशत रोजगार वाराणसी में कल से तीन दिवसीय पन्द्रहवें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिये लगभग सभी तैयारियां पूरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी सत्ताईस जनवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार जल्द ही फिल्म उद्योग को सभी तरह की मंजूरी के लिए देश भर में एक ही छत के नीचे सभी सुविधायें और एक पोर्टल उपलब्ध करायेगी जिससे देश के विभिन्न स्थानों पर फिल्मों की शूटिंग के लिए आवश्यक अनुमति लेने में सुविधा होगी मुंबई में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग के परिसर में देश के पहले भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उदघाटन करते हुए उन्होंने यह जानकारी दी देश में अलग अलग हिस्सों में फिल्म की शूटिंग से जुड़ी मंजूरियों के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस की नई व्यवस्था बनाने का काम शुरू किया जा चुका है और इसके लिए एक विशेष पोर्टल बनाया जा रहा है जिसमें आपको सारी जानकारी देनी होगी इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड ने कहा कि भारत में विदेशी फिल्म निर्देशकों के लिए पहले से ही एक ही छत के नीचे सभी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए एक अलग से कार्यालय बनाया गया है इससे पहले प्रधानमंत्री ने दादरा और नगर हवेली में सिल्वास के सायली में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही है और राष्ट्र की प्रगति के लिए समर्पित है उन्होंने कहा कि पिछली सरकार पांच वर्षो में देश में पच्चीस लाख मकान ही बना सकी थी जबकि पिछले पांच वर्षो में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक करोड़ पच्चीस लाख मकान बनाये गये श्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी कार्रवाई से कुछ लोग गुस्से में आ गये हैं क्योंकि उन्हें जनता का पैसा लूटने से रोका गया परेशानी है कि सत्ता के गलियारों में घूमने वाले बिचौलियों को मोदी ने बाहर क्यों निकाल दिया इन्हें गुस्सा आ रहा है कि मोदी गरीबों का अधिकार छिनने वाले उनके राशन उनकी पेंरान उनको मिलने वाले हक इसके हडपने वाले विचौलिये दलातों को बाहर क्यों कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों ने अब एक गठबंधन बना लिया है जिसे महागठबंधन कहा जा रहा है उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अभी पूरी तरह एक साथ आए भी नहीं है लेकिन उन्होंने अपने हिस्से के लिए मोल भाव करना शुरू कर दिया है ये लोग एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं हालत ये है कि जो पहले कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे वो भी एक मंच पर आ गए हैं साथियों ये महागठबंधन सिर्फ मोदी के खिलाफ ही नहीं इस देश की जनता के भी खिलाफ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आयुर्वेद के लिये प्रदेश में अत्यधिक संभावनाएं हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से प्रदेश में आयुष मंत्रालय का गठन किया गया कानपूर में कल आयुर्वेद पर्व पर आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आयूर्वेद से जुड़े विशेषज्ञों को अपने संकोच को छोड़ कर आयूर्वेदिक पद्वति से उपचार करना चाहिये उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के वास्तविक मर्म को आम जन तक पहुंचाया जाना जरूरी है उन्होंने किसानों की आय को दोगुना करने के लिये आयुर्वेद से जुड़ी जड़ी बूटियों और पौघों की खेती को प्रोत्साहन देने पर बल दिया श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में जितने भी एलोपैथ कॉलेज है उनके लिये एक अलग से चिकित्सा विश्वविद्यालय स्वर्गीय अटल विहारी वाजपेई के नाम से लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि आयूर्वेद के लिये भी विश्वविद्यालय बनाने के लिये कार्य योजना बनाई गई है इस अवसर पर केन्द्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद यस्सो नाईक ने कहा कि आयूर्वेद की मांग बढ़ने के कारण इसकी महत्ता बढ़ी है उन्होंने कहा कि आयूर्वेद द्वारा जीवन शैली जनित रोग दूर किये जा सकते हैं और स्वास्थ्य जागरूकता लाई जा सकती है

रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि महिलाओं को सेना में चरणबद्व तरीके से शामिल किया जाएगा और मिलिट्री पुलिस में बीस प्रतिशत महिलाएं होंगी उन्होंने कहा कि सेना पुलिस में महिलाओं को शामिल करने का फैसला सशस्त्र सेनाओं में उनके प्रतिनिधित्व को बेहतर बनाने के लिए किया गया है इस समय महिलाओं को चिकित्सा कानून शिक्षा सिग्नेल और इंजीनियरिंग शाखाओं में लिया जाता है वाराणसी में कल से तीन दिक्सीय पन्द्रहवें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिये ऐढ़े गांव में लगभग समी तैयारियां पूरी कर ली गई है बयालीस एकड़ भूमि में फैले टेंट सिटी में समी चौबीस क्लस्टरों में वाराणसी समेत भारत की ऐतिहासिक इमारतों जैसे सारनाथ का स्तूप अशोक स्तम्म अशोक चक्र और प्रमुख घाटों के विशाल चित्रों को दर्शाया गया है टेंट सिटी में आठ बेड का अस्थाई अस्पताल स्थापित किया गया है और एक जिम खाने की भी व्यवस्था है आयोजन में शामिल होने के लिये इस बार पांच हज़ार आठ सौ दो प्रवासी भारतीयों ने पंजीकरण कराया है बाईस जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस आयोजन का औपचारिक उद्घाटन किया जायेगा इस अवसर पर मॉरीशस के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे तेईस जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसका समापन करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी सत्ताईस जनवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचारों और सुझावों को साझा करने का आग्रह किया है लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर अपने संदेश भेज भी सकते हैं प्रयागराज में उनचास दिन के कुंभ मेले में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्वालु आ रहे हैं इस मेले में सृजनात्मक गतिविधियों का बडा केंद्र कलाग्राम आकर्षण स्थल बना हुआ है व्योरा हमारे संवाददाता से कलाग्राम में तेरह पबेलियनों का निर्माण किया गया है जहां पर सात सास्कृतिक केन्द्र अपने हस्त शिल्प का प्रदर्शन कर रहे हैं साथ ही साहित्य अकादमी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सांस्कृतिक केन्द्र और गांधी स्मृति और दर्शन समिति के पबेलियन भी यहां मौजूद हैं इन सबके बीच विमिन्न राज्यों के लोक कलाकार भी अपनी कला से लोगों का मन मोह रहे हैं प्रयागराज के पाण्डेय फ़मिली के सदस्यों ने कहा कि उन्हें अलग अलग संस्कृति एक ही जगह पर देखने को मिल रही है

प्रदर्शन किया जा रहा है

लोक कलाकर भी कुम्भ मेले के आयोजन की जमकर तारीफ कर रहे हैं

हरियाणा की यह ब्रिज लोककला है इसका प्रदर्शन करने के लिए पब्लिक बहुत आनन्द ले रही है यह कलाग्राम चार मार्च तक चलेगा शशांक कुमार कुम्भ मेला शहर प्रयागराज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह ने कहा है कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की नौ हजार करोड़ रूपये की चौरानवे परियोजनाएं स्वीकृत है और इनमें से ग्यारह परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है प्रयागराज में कृंम मेला परिसर में स्थापित मीडिया सेन्टर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रयागराज में लगभग ढाई हजार प्रवासी भारतीय आ रहे हैं उन्हें विशेष बसो द्वारा प्रयाग लाया जायेगा और वह संगम अक्षयवट हनुमान मंदिर और टेंट सिटी का भ्रमण करेंगे उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं मथुरा के गोर्क्धन क्षेत्र के पर्यटन विकास की प्रदेश सरकार की योजना को केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है प्रासाद योजना के अन्तर्गत गोर्क्यन के पर्यटन विकास की लगभग चालीस करोड़ रूपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है